चुनाव प्रचार मध्यप्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है भाजपा की ओर से कोन्द्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार की कमान संभाले हुए हैं वहींकांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंहसचिन पायलट और कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए रैलियां और आमसभाएं कर रहे हैं सागर के बिलेहरा में सभा में कमलनाथ ने कहा कि सौदेबाजी के कारण इन च्नावों का सामना करना पड़ रहा है उधर धार जिले में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया इंदौर के सावेर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया

वहीं खण्डवा एवं राजगढ़ ऐसे जिले हैं जहाँ एक भी संवेदनशील क्षेत्र नहीं है

इस अवसर पर प्रदेश के सभी कार्योलय में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जायेगी वहीं जिला मुख्यालयों पर कोरोना योद्वाओं का सम्मान किया जायेगा देश कोविड देश ने कोविड से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है

रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढने इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार घटने और मृत्युदर कम बनी रहने के कारण भारत में कोविड मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिली है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना से संक्रमण की दर लगातार घट रही है

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन का समर्थन करते हुए गायक ब्रजेश बरार ने कोरोना से बचने के लिए नागरिकों से मास्क पहनने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है

मंत्रालय ने सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत मांगी गई एक सूचना के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश पर यह स्पष्टीकरण जारी किया है

इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है लेकिन स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर के शासकीय भवन रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से जगमगाते नजर आएंगे

इन सभी क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक और कठपुतली जैसे पारंपरिक माध्यमों के साथ साथ आध्निक तरीको और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मतदाताओं को अधिकतम मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है रायसेन में जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने मतदाताओं से नैतिक मतदान करने की अपील की है

किसान रेल प्रदेश की पहली किसान रेल छिंदवाड़ा से हावड़ा के बीच संचालित की जा रही है

छिंदवाड़ा के स्टेशन मास्टर संतोष श्रीवास ने बताया कि इससे किसान कम खर्च में अपने उत्पाद नागपुर और हावड़ा भेज पायेगें